राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धार्मिक अस्मिता और पारंपरिक मूल्यों को ध्यान में रखकर वाराणसी के आध्निक विकास पर जोर दिया है

राष्ट्रपति ने कहा कि इन परियोजनाओं से आम आदमी को लाभ होगा

राष्ट्रपति ने कहा कि वाराणसी देश में एक ऐसा शहर है जहां पांच लोगों को भारत रत्न से अलंकृत किया गया है श्री कोविंद बड़ा लालपुर गांव के बुनकर सुविधा केन्द्र में दीनदयाल संकुल में आयोजित समारोह में भी शामिल हुए उन्होंने राज्यपाल राम नाइक की पुस्तक चरैवेति चरैवेति के संस्कृत अनुवाद का विमोचन भी किया समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्ष के दौरान पचास लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी राज्यपाल रामनाइक ने भी समारोह को संबोधित किया विधानसभा में आज वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए चार लाख छप्पन हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ रूपये से अधिक का विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया विपक्ष की उपस्थिति में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया बजट की यह मांगे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सदन में गत सोलह फरवरी को रखी गई थी सदन में नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने बजट पारित के समय चर्चा के दौरान कहा कि सरकार इस पर बहस कराने से बचना चाहती है इसलिए इसे जल्दबाजी में पारित करा रही है

बहुजन समाज पार्टी क लालजी वर्मा ने कहा कि बजट में सिर्फ घोषणाए हैं सरकार घोषणाओं पर अमल नहीं करती कांग्रेस पार्टी के अजय कुमार लल्लू ने कहा कि बजट में आम जनता के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है विपक्ष का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर किसानों मजदूरों महिलाओं और बेरोजगारों के हित में काम कर रही है उन्होंने कहा कि पिछले एक साल के दौरान राज्य में सुधारों का ग्राफ काफी ऊपर हो गया है

उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा स्वास्थ्य कानून व्यवस्था बिजली और रोजगार की दिशा में काफी तेजी से काम हुआ है उन्होंने कहा कि अब लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ गया है आज को निर्धारित कार्यवाही के बाद सदन कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है इससे पूर्व प्रश्नकाल के बाद चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सरकार द्वारा पांच शहरों में बिजली वितरण प्रबंधन को निजी कम्पनियों के हाथों में सौंपने की आलोचना करते हुए इस पर बहस कराने की मांग की जिसकी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा अनूमति न देने पर समाजवादी पार्टी ने सदन से बर्हिगमन किया वहीं कांग्रेस के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भी विरोध का समर्थन किया हंगामा जारी रहने के चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को पहले दस मिनट और बाद में बीस मिनट के लिए स्थगित कर दी बाद में सदन के पुनः शुरू होने पर अध्यक्ष ने इस विषय में कल तक के लिए फैसला टाल दिया सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आमतौर पर ऐप पर मांगी गयी अनुमति जासूसी के समान नहीं होती नरेंद्र मोदी ऐप के जरिये उपभोक्ताओं के डेटा विदेशी कम्पनियों के साथ साझा करने के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने यह बात कही एक ट्वीट संदेश में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ऐप के जरिये एनसीसी के बारे में जान सकते हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिये कि उनकी पार्टी सिंगापुर सर्वर को डाटा क्यों भेजती है जिसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इस बीच कांग्रेस ने अपना एप और पार्टी की सदस्यता लेने संबंधी वेबसाइट हटा ली है पार्टी ने कहा है कि वह वेबसाइट में कुछ मामूली बदलाव कर रही है केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बीते चार सालों में देश को हर स्तर पर मजबूत करने का काम किया है आज कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का स्तर विश्व में ऊँचा उठा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट ने देश को मजबूत करने का काम किया है

विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह नेयह जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के अड़तीस जिलों में एक अप्रैल से सोलह अप्रैल के बीच तैंतीस लाख बच्चों का टीकाकरण कराया जायेगा इसके लिए बजट में बीस करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि जिला अस्पताल में रिक्त पड़े डॉक्टरों के साढ़े सात हजार पदों के सापक्ष सरकार ने साढ़े पांच हजार डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है इनमें छब्बीस सौ आयुष चिकित्सक शामिल है उन्होंने कहा कि मस्तिष्क ज्वर से सर्वाधिक प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपूर और बस्ती मंडल में छह सौ सत्रह अतिरिक्त वेंटीलेटर की व्यवस्था की गई है प्रदेश सरकार ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों को पर्यटन से जोड़कर लोगों को रोजगार मुहैया करायेगी प्रदेश के संस्कृति मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आज मथुरा में बताया कि संस्कृति के प्रचार प्रसार से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन एजेंसियों के कार्यक्रम में मथुरा संग्रहालय के भ्रमण को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं श्री चौधरी ने कहा कि मथुरा के गोवर्धन राधाकुंड और नन्द गांव को तीर्थस्थल घोषित करने के साथ साथ यहां पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जायेंगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आयेगी आज वाराणसी के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं विकासवादी नीतियों के कारण आज पूरे भारत में उनके कार्यो की सराहना हो रही है टीबी उन्मूलन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा इसके लिए एक हजार एक सौ पैंतीस स्वास्थ्य केन्द्रों पर अत्याधुनिक मशीने लगाई जा रही है उच्चतम न्यायालय ने बहु विवाह और निकाह हलाला की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया है एक संवैधानिक पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी शीर्ष न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि पांच न्यायाधीशों की पिछली पीठ ने बहु विवाह और निकाह हलाला के मुद्दों पर बहस जारी रखी थी जबकि इस पीठ ने एक बार में तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने का आदेश पारित किया था पीठ ने लम्बी बहस के बाद पिछले वर्ष एक बार में तीन तलाक देने की प्रथा को गैर संवैधानिक करार दिया था रेलवे ने अपनी सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए भारतीय अतंरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षर किया है इसके तहत इसरो सेटेलाइट द्वारा रेलवे की सम्पत्तियों की निगरानी करेगी रेलवे सूत्रों के मुताबिक इसके लिए प्रत्येक मंडल में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जहां रेलवे के अधिकारी सभी सम्पत्तियों की जानकारी मुख्य कंट्रोल रूम को देंगे प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने लश्कर ए तैयबा से संबंध रखने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया है दस्ते के महानिरीक्षक असीम अरुण ने लखनऊ में बताया कि इन लोगों को गत शनिवार को गोरखपुर लखनऊ प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के रीवां से गिरफ्तार किया गया